मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केन्द्र का पक्ष सुने बगैर नागरिकता संशोधन कानून पर रोक को मंजूरी नहीं दी जा सकती शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र सरकार से इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है न्यायालय ने कहा है कि मामले को सुनने के लिए एक बड़ी संविधान पीठ का गठन किया जायेगा राष्ट्रपति पुरस्कार भोपाल की छात्रा रिया जैन को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया

इससे पहले कल मुख्य न्यायधीश एके मित्तल और न्यायमूर्ति विजय शुक्ला की बेंच ने राज्य सरकार के जवाब पर असंतोष व्यक्त किया गौरतलब है कि भोपाल के विधि छात्र हिमांशु दीक्षित ने जनहित याचिका में कहा था कि मध्यप्रदेश मोटर व्हीकल एक्ट में महिलाओं को हेलमेट लगाना अनिवार्य नहीं है

कृषक बंध् इंदौर जिले में ग्रामीण स्तर पर किसानों तथा प्रसार तंत्र के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने के लिए दो आबाद ग्रामों पर एक कृषक बंधु की नियुक्ति की जाएगी

खेलो इंडिया गुवाहाटी में खेल जा रहे युवा खेलों का आज अंतिम दिन है

पदक तालिका में हरियाणा दूसरे व दिल्ली तीसरे स्थान पर है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए पदक विजेताओं को बधाई दी है

मौसम पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाये हुए हैं वहीं कई स्थानों पर ब्रंदाबांदी हुई है दमोह से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह से ही जिले में रूक रूककर बारिश हो रही है उधर उमरिया जिले में भी बारिश और ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है कटनी में भी बेमौसम बारिश से दलहनी फसलों को नुकसान की आशंका बताई जा रही है मंडला जिले में मौसम के बदले तेवरों से ठंड बढ़ गई है

मौसम विभाग ने रीवा सागर शहडोल भोपाल ग्वालियर और चंबल संभागों में कल घना कोहरा छाने की संभावना जताई है आयुष्मान योजना आयुष्मान निरामय भारत योजना के तहत आगरमालवा में आज लगाये गये जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर में जिले के सभी विकासखण्डों से आए गंभीर बीमारियों के मरीजों का विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कर उपचार किया जा रहा हैं

इस दुर्घटना में बाईक सवार शिक्षक की मृत्यु हो गई